निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं

इस सम्बंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है अधिसूचना जारी होते ही नामांकन पत्र भरने का कार्य शुरू हो गया है शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल आज शिमला में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी मौजूद रहेंगे

ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज कांगड़ा जिले के फतेहपुर और ज्वाली विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे इसी तरह हमीरपुर से पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जनसमर्थन मांगेंगे वहीं मंडी सीट से पार्टी उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा और शिमला से सुरेश कश्यप अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे दूसरी ओर मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार आश्रय शर्मा सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में वोट मांगेंगे जबकि कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार पवन काजल बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे हमीरपुर से पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करेंगे स्वीप कार्यक्रम निर्वाचन विभाग के स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसके तहत शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खेरा और चेबड़ी पंचायत में कल मतदाताओं को जागरूक किया गया वहीं कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के कमलानगर में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया सोलन जिले में दून विधानसभा क्षेत्र के बरोटीवाला में ट्रक चालकों और हमीरपुर के एक निजी कॉलेज में विद्यार्थियों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया

पंडोह डैम ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से पंडोह बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं एडीएम श्रवण मांटा ने नदी के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों और पर्यटकों से एहतियात बरतने की अपील की है

पंजाब केसरी की सुर्खी है जमा दो के परिणाम में बेटियां फिर अव्वल अमर उजाला का शीर्षक है साईंस में अनिल कॉमर्स में प्रीति और आटर्स में अश्मिता ने किया टॉप

जबकि हिमाचल दस्तक का कहना है जमा दो बोर्ड परीक्षा में बेटियां आगे पूर्व सांसद सुरेश चंदेल के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने लिखा है बड़े ओहदे के वादे के साथ चंदेल की कांग्रेस में एंट्री दिव्य हिमाचल ने लिखा है आखिरकार चंदेल ने थामा हाथ पंजाब केसरी के शब्द हैं अंततः कांग्रेस के हए पूर्व सांसद चंदेल वहीं अजीत समाचार का शीर्षक है हमीरपुर में भाजपा को लगा झटका नाराज चल रहे चंदेल ने थामा कांग्रेस का हाथ आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हाईकमान के आदेश पर लड़ रहे चुनाव निर्वाचन आयोग की सत्ती को चेतावनी शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर को प्रमुखता दी है इसी खबर पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है सतपाल सत्ती को अब चेतावनी चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत आलोचना से बचने की दी नसीहत हिमाचल दस्तक के अनुसार किसी के जीवन पर कटाक्ष से बचें सत्ती चुनाव अधिसूचना जारी पहले दिन मंडी में दो और शिमला में एक प्रत्याशी ने किया नामांकन अमर उजाला की एक खबर है कुल्लू व लाहौल में फंसे पांच सौ नौ लोगों को रोहतांग टनल से निकाला शीर्षक से आपका फैसला लिखता है दो दिन और होगी टनल बहाल आवाजाही की दी जाएगी छूट